म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजक्मार सैनी पर समाज की एकता का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हये उसे आगे जे जाने पर खेद जताया सर्वोच्च न्यायालय की एक पूर्व कर्मचारी द्वारा न्यायाधीश रंजन गोगोई पर लगाये गये आरोपों पर विभिन्न न्यूज़ पोर्टल में प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हये सर्वोच्च न्यायालय की रंजन गोगाई की अध्यक्षता वाली पीठ जिसमें न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और संजीव खन्ना शामिल है ने आज इस मामले पर स्नवाई पर स्नवाई की म्ख्य न्यायधीश ने उन पर लगाये गये यौन उत्पीड़न आरोपों को अविश्वसनीय बताते हये कहा कि इसके पीछे उनके विरूदव षंडयत्र रखा गया है और वे इन आरोपों को लगत साबित करने के लिये झ्केंगे नहीं म्ख्य न्यायधीश ने कहा कि यह मुद्दा तक उठाया गया है जबकि अगले सप्ताह उनको संवदेनशील मुद्दो की सूनवाई करनी है

यद्यापि म्ख्य न्यायधीश इस पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने इसका फैसला न्यायमूर्ति मिश्रा पर छोड़ दिया न्यायमूर्ति मिश्रा ने फैसले में कहा कि इस मामले मे हम कोई न्यायिक आजा नहीं देंगे हम ये फैसला मीडिया पर छोड़ते है कि मीडिया सयंम का प्रयोग करते हये स्वयं तय करे कि क्या छापा जाना चाहिए क्या नहीं न्यायालय ने कहा कि न्यायतंत्र को बलि का बकरा नहीं बनाना जा सकता और मीडा को सच्चाई का पता लगाये बगैर किसी भी महिला की शिकायत नहीं छापनी चाहिए

फरीदाबाद से हमारे संवाददाता ने बातया कि बहजन समाज पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी मनधीर सिंह मान ने अपना पर्चा दाखिल किया उधर अम्बाला से भी बासपा प्रत्याशी नरेश सारन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया उनके साथ कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर रणजीत सिंह ने पर्चा दाखिल किया है अब तक अम्बाला संसदीय क्षेत्र से नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों की संख्या चार हो गई है उधर करनाल से भाजपा संयज भाटिया ने म्ख्यमंत्री मनोहर लाल मंत्री कृष्ण लाल पंवार की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इस मौके पर सम्बोधित करते हये म्ख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने देश के तीन प्रमुख मुद्दो विकास सुरक्षा और ख्शहाली की पूरी जिम्मेदारी ली हई है क्रूक्षेत्र लोकसभा सीट से भी भारतीय जनता पार्टी के उममीदवार नायब सिंह सैनी ने अपना नामांकन भरा इस मौके पर उनके साथ विशेष रूप से म्ख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे रोहतक सीट पर नामांकन दाखिल करने आये बीएसपी के उम्मीदवार किशन लाल पांचाल कागज़ौ में एक कॉलम प्रा न होने की वजह से अपना नामांकन नहीं भर सकें हमारे संवाददाता ने बताया कि तीन बजे तक कागज़ी कार्रवाई प्री नहीं जो पाई

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने कहा है कि वोट डालने का मौका हमें पांच वर्ष में एक बार मिलता है इसलिये वोट चाहे किसी को भी दे वोट डालना मत भूले मुरथल सड़क स्थित एक स्कूल में उन्होंने सभी को मतदान करने की शपथ भी दिलाई

हमारा फर्ज है कि हर कोई मतदान के लिये बूथों पर पहंचे और अधिक से अधिक मतदान करें

उन्होंने च्टकी लेते हए कहा कि कितनी विडंबना है कि द्रसरी पार्टियों खासकर कांग्रेस के प्रत्याशियों की अभी तक घोषणा भी नहीं हई है उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता मन बना च्की है

तेलगांना प्लिस की विशेष जांच टीम एसआईटी द्वारा डाटा चोरी मामले की जांच किए जाने पर आई टी ग्रिडस कंपनी की हार्ड डिस्क प्राप्त होने पर पंजाब से लगभग दो करोड़ आधार खातों के रिकार्ड का पता चला है

एक कंपनी द्वारा पंजाब निवासियों का इतना बड़ा डाटा एकत्र करने के पीछे का मंतव पताल लगाया जा रहा है ये केवल कंपनी के सीईओ डाकावरम अशोक से पृछताछ के बाद ही लगाया जा सकता है

प्लिस का कहना है कि ऐसा पहली बार हआ है कि जिसमें डाटा चोरी को वैज्ञानिक ढंग से साबित किया गया है

कंपनी का दावा है कि च्नावी प्रक्रिया में प्रयोग किये जाने के लिये कदाचित इतने मतदाताओं का डाटा चोरी किया गया हो ये एक नाजुक मसला है

पंचकूला के उपाय्क्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा बलकार सिंह ने बताया है कि चूनाव में शराब की गैर कानूनी सप्लाई को रोकने के लिये सख्ती बरती जा रही है उन्होंने कहा कि च्नाव आयोग के निर्देशान्सार शराब बनाने वाले कारखानों से शराब की आपूर्ति की सभी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है शराब के कारखानों के प्रवेश व निकासी दवार पर सीसीटीवी कैम्रे लगावाये गए है

मैच रात आठ बजे आरंभ होगा तालिका मे दिल्ली तीसरे और पंजाब चौथे स्थान पर है

पलवल के निजी स्कूल मे आज अर्थ डे मनाया गया इस अवसर पर विदयार्थियों ने रैली निकाल कर पर्यावरण का संदेश दिया रैली में बच्चों ने पेड़ लगाने और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने सम्बधी जागरूक किया पलवल के उपाय्क्त डा मनीराम ने खेतों में गेहं के फसल के अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाने बारे अधिकारियों की बैठक ली इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि तहसील तथा ब्लॉक स्तर पर मोबाइल स्क्वायड टीम गठित की जाये जो गांवों में जाकर निरीक्षण करेगी कि कोई किसान फसलों के अवशेष न जलाये उन्होंने कहा कि खेतों मे फसलों के अवेशेष जाने से ज़मीन की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती है